जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में हो रहे इस सम्मेलन में मिशन की प्रगति की समीक्षा भी की जा रही है सम्मेलन में बचे हुए घरों में नल से पानी पहंचाने की सुविधा जल्द से जल्द सुनिश्चित किए जाने की कार्ययोजना पर भी चर्चा की जा रही है

घायर्लों में तीन पुरूष तीन महिलाएं और छह बच्चे शामिल हैं घायलों को जिले के बाप अस्पताल में भर्ती कराया गया है राज्यपाल कलराज मिश्र ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है उन्होंने दूर्घटना में घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने द्र्घटना पर द्ख व्यक्त करते हुए कहा कि मेरी संवेदनाएं शोकाकल परिजनों के साथ है उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की

नौ जिलों में संकमण का कोई भी नया मामला नहीं मिला

उन्होंने कहा कि दोनों टीकों के लगने के बाद ही कोरोना वायरस से लड़ने के लिए शरीर में पर्याप्त एंटीबॉडी विकसित हो सकेंगी उन्होंने कहा कि देश भर में कोरोना प्रबंधन में प्रदेश अव्वल दर्जा हासिल कर चुका है चिकित्सा मंत्री ने बताया कि राज्य के सभी जिलों में व्यापक स्तर पर पूरे प्रोटोकॉल के अनुसार टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि कोरोना अभी गया नहीं है ऐसे में थोड़ी सी भी लापरवाही परिवार और समाज के लिए घातक हो सकती है

बैठक में उन्होंने कहा कि फसल खराबा होने पर अधिकारी और कार्मिक किसानों के सम्पर्क में रहकर समय पर इसकी सूचना बीमा कंपनियों और बैंक शाखा को देने में किसानों की मदद करें

कल देर शाम कोटा बूंदी अलवर और सवाई माधोपुर जिलों में कई स्थानों पर बे मौसम बारिश हुई कोटा जिले में बारिश से फसलों को नुकसान का अंदेशा है ओलावृष्टि के कारण कोटा और बूंदी जिले में जिला कलेक्टर ने फसल खराबे के सर्वे के निर्देश दिए हैं